राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी गांधीजी और शास्त्रीजी को श्रद्वांजलि अर्पित कीप्रदेशभर में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में श्रद्धांजलि दी कहा शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य का विकास हो रहा है बागेश्वर में सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं का कई परिवारों ने उठाया लाभबिजली के खर्च हए कम और आय के रास्ते भी खुले

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रनपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजघाट पर गांधीजी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित किये वहीं नई दिल्ली में चार दिन के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बताया

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत महात्मा गांधी को एक सच्ची श्रद्वांजलि होगी वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर श्रद्वासुमन अर्पित किए और उनके सौम्य व्यक्तित्व कुशल नेतृत्व और साहस को याद किया शास्त्रीजी के नेतृत्व में उन्नीस सौ पैसठ में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था उन्होंने सैनिकों और किसानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हए देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मनायी जा रही हैं श्री रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है जिसके तहत महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं

श्री रावत ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर उनका भावपूर्ण स्मरण कर श्रद्वांजलि अर्पित की वहीं राजभवन में प्रार्थन सभा का आयोजन किया गया राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने गांधीजी और शास्त्रीजी के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों राम प्रताप बहुगुणा और साधुराम बिष्ट को सम्मानित किया

सभी राजकीय कार्यालयों में गांधीजी और शास्त्रीजी के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया और उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया नई टिहरी में कलेक्ट्रेट प्रांगण में गांधी जी और शास्त्री जी को श्रद्वासुमन अर्पित किये गए रुद्रप्रयाग में जिला कार्यालय के प्रांगण में अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया इसके बाद अपर जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण किया चमोली में जिलाधिकारी ने हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए स्वच्छता का संदेश दिया इस अवसर पर सभी विभागों में उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मचारियों को भी जिलाधिकारी ने सम्मानित किया वहीं अल्मोड़ा के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने गांधीजी को श्रद्धासुमन अर्पित किये पौड़ी ऋषिकेश और हरिद्वार में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और स्वच्छता अभियान चलाया गया उधर चंपावत में जिला मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर इंडारोहण कर महात्मा गांधी और शास्त्री जी को श्रद्धासुमन अर्पित किये गये जिले के विभिन्न स्थानों पर नदी नालों की सफाई की गयी बागेश्वर में प्रभातफेरी निकाली गईं कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि गांधीजी और शास्त्रीजी को सच्ची श्रद्वांजलि तभी होगी जब हम उनके सपनों को साकार करें और उनके बताये मार्ग का अनुसरण करें नैनीताल जनपद में भी गांधीजी और शास्त्रीजी की जयंती के अवसर पर हाईकोर्ट समेत जगह जगह कार्यक्रम हुए हल्द्वानी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने गांधीजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली उधमसिंहनगर में भी सभी शासकीय अर्दधशासकीय संस्थानों और स्कूलों में ध्वजारोहण किया गया महिलाओं ने बच्चों के साथ स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया देहरादून पुलिस मुख्यालय में एक सादगीपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी और शास्त्री जी को श्रद्वासुमन अर्पित किये स्लग शहीद स्मारक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शहीद स्मारक पर उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलकारी शहीदों की स्मृति में श्रद्धासुमन अर्पित किये उन्होंने कहा कि राज्य आन्दोलकारियों के संघर्ष और बलिदान के कारण ही उत्तराखण्ड का नये राज्य के रूप में निर्माण हुआ

इस अवसर पर श्री रावत ने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के सपने के अनुरूप ही राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है उन्होंने कहा है कि जब राज्य निर्माण की रजत जयंती होगी तब तक उत्तराखण्ड विकास के पथ पर काफी आगे बढ़ जायेगा

मुख्यमंत्री ने पूर्व सांसद स्वर्गीय मालती शर्मा के मुजफ्फरनगर स्थित आवास पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मालती शर्मा ने राज्य आन्दोलकारियों की सहायता की थी जिसके लिये राज्य सदैव उनका ऋणी रहेगा

लाभार्थी को केवल दस प्रतिशत खर्च का वहन करना होता है लाभार्थी ज्वाला पांडे का कहना है कि इन योजनाओं से बिजली के भारी भरकम बिलों से निजात मिली है और आय के रास्ते भी खुले हैं सौर ऊर्जा से घर में बिजली आधारित सभी उपकरण चलते हैं इन योजनाओं में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण यानि उरेडा के परियोजना अधिकारी रॉकी कुमार के मुताबिक लाभार्थियों के सौर ऊर्जा प्लांट से उत्पादित बिजली को यूपीसीएल खरीदकर उसका भुगतान भी कर रहा है देश में बढ़ती ऊर्जा की मांग को देखते हए सौर्य ऊर्जा से बेहतर कोई विकल्प नहीं है केन्द्र सरकार की सौर उर्जा आधारित योजनाओं से एक ओर जहां लोग लाभावित हो रहे हैं वहीं कहीं न कहीं पहाड़ों से पलायन रोकने में भी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है